प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा प्रदेश सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गो के हितों के लिए कर रही है काम कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की किसानों से खेतों में फसलों के अवशेष न जलाने की अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास को गति देने के लिए लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया है कल कोलकाता में भारत के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आई आई एस एफ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक सोच से लोगों का अंधविश्वास कम होता है और उनमें तर्कशक्ति बढ़ती है हमारे संविधान ने साइंटिफिक टैम्पर को विकसित किए जाने की हर देशवासी के कर्तत्व्य से जोड़ा है यानि यह हमारी फंडामेंटल डयूटी का हिस्सा है इस डयूटी को निमाने की निरंतर याद करने की अपनी आने वाली पीढियों को इसके लिए जागरुक करने की हम सभी की जिम्मेदारी है जिस समाज में साइंटिफिक टैम्पर की ताकत बढ़ती है उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है हाल के चंद्रयान मिशन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने लोगों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता पैदा की है प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से वैश्विक मानदंडों के अनुरूप दीर्घकालीन लाभ की दिशा में काम करने का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षो में इन प्रयासों से देश ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में सुधार करते हुए बावनवां स्थान प्राप्त कर लिया है नीतियों के जरिये आर्थिक मदद के जरिये हजारों स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया गया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सर्वोत्तम स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में छात्रों के लिए विज्ञान और शोध के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए पांच हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब बनाए जा चुके हैं चार दिन तक चलने वाले विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित थे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने राष्ट्र हित में यह निर्णय लिया है कि वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते आर सी ई पी में शामिल नहीं होगा नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक फैसला भारत के किसानों मझौले और घरेलू लघु उद्योगों के हित में किया है भारत ने एक बहुत ही टफ स्टैपड लिया निगोसिएशन्स में और उसके कारण हम आरसेप से बाहर रहे पूरे देश ने महसूस किया कि भारत के देशहित और जनहित निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है प्रधानमंत्री जी इण्डिया फर्स्तट मानते हैं और यह उनका स्पष्ट हम सबको मार्गदर्शन रहा है कि पिछले पांच साढे पांच सालों में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने सदस्य देशों के सम्क्ष अपनी प्रमुख मांगों को मजबूती से रखा है और यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा श्री गोयल ने कहा कि भारत की प्रमुख मांग व्यापार घाटे को संतुलित करना भारतीय सामान और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार तक पहुंच बनाना और अपने उद्योगों के संरक्षण के लिए अनुचित आयात गतिविधियों पर रोक लगाना है इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की आलोचना की निंदा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि यूपीए सरकार ने आर सी ई पी के मंच से कई फैसले किए जो कि बाद में देश के लिए फायदेमंद नहीं रहे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल अपनी बांग्लादेश यात्रा के पहले दिन वहां के सुचना मंत्री हसन महमूद से मुलाकात की बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन और बंगबंध पर दो फिल्मों के निर्माण में आपसी सहयोग के बारे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों के हितों के लिए काम कर रही है जौनपुर के बदलापुर में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गो को मिल रहा है श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गयी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख रूपये तक का इलाज किसी भी अस्पताल में कराया जा सकता है उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को पक्का मकान बिजली गैस कनेक्शन किसान पेंशन जैसी योजनाओं का लाम मिले उपमुख्यमंत्री ने किसानों का आहवान किया कि ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करें और खेतों में पराली न जलाएं श्री मौर्य ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण शीघ्र ही अभियान चलाकर किया जायेगा इससे पूर्व श्री मौर्य ने कल बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में पचास करोड़ की लागत वाली तैंतालीस परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया इस अवसर पर प्रदेश के आवास राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव भी उपस्थित थे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे प्रदेश के जनपदों में प्रदूषण का स्तर चिन्ताजनक बना हुआ है हालांकि केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के अनुसार कल कानपुर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदृषण वाला शहर रहा यहां कल वायु गुणवत्ता सुचकांक एक्यूआई चार सौ तिरपन मापा गया लखनऊ प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक प्रदृषित शहर रहा जहां कल का एक्यूआई चार सौ सोलह रहा

अकले मुजफरनगर जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण मानकों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों और ईट भट्टों पर लगभग एक करोड़ रुपये का जर्माना लगाया है मृख्य सचिव स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाये जाने के साथ ही फसलों के अवरोष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तर पर मोबाइल स्क्वायड का भी गठन किया गया है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से खेतों में फसलों के अवशेष न जलाने की अपील की है उन्होंने कहा कि इसके बजाय किसान फसलों के अवशेष को कम्पोस्ट बनाकर अपने खेतों की उत्पादकता बढ़ा कर पर्यावरण को बचाने में सहायता करें कृषि मंत्री ने कल कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाए जाने की घटनाओं की जानकारी मिल जाती है प्रदेश भर में ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लिया गया है और कार्रवाई की गई है समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए आने वाले दिनों में फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मौसम आधारित बीजों पर शोध करना आवश्यक है उन्होंने इस सम्बंध में कृषि वैज्ञानिकों को तीन वर्ष का रोडमैप तैयार करने का भी निर्देश दिया

इस मौके पर आयोजित परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सफलता में उनका बड़ा योगदान है